अब तक दस हजार एक सौ इक्यानवे लोग ठीक होकर घर लौटे

सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर और सुपौल के निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी

राज्य के तीन और जिलों गया सहरसा नगर परिषद क्षेत्र और अररिया में आज से नए सिरे से पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है इसके साथ ही राज्य के अठारह जिले लॉकडाउन में शामिल हो गये हैं अररिया जिले में आठ दिन का जबकि सहरसा में पांच दिन का लॉकडाउन होगा वहीं गया में अगले आदेश तक लॉकडाउन जारी रहेगी इस दौरान सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक उपक्रम बंद रहेंगे सभी निजी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे हालांकि राशन की दुकानें डेयरी सब्जियां और मांस की दुकानें सुबह छह से दस बजे और शाम चार से सात बजे के बीच खुली रहेंगी सभी पूजा स्थल और धार्मिक आयोजन भी बंद रहेंगे सभी तरह के ई कॉमर्स और होम डिलीवरी की अनुमति होगी लॉकडाउन अवधि में सार्वजनिक परिवहन सेवा की भी अनुमति होगी हालांकि निजी वाहन केवल आवश्यक कार्यो तक ही सीमित रहेंगे ट्रेन और विमान सेवाओं की अनुमति दी गई है लॉकडाउन को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिये इन क्षेत्रों में दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल को तैनात किया गया है राज्य में कोरोना संक्रमण का मामला लगतार बढ़ रहा है पिछले चौबीस घंटे के दौरान सात सौ नौ नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर पंद्रह हजार उनचालीस हो गयी है जबकि दस हजार नौ सौ इक्यानवे लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं लगभग चार हजार लोग अभी भी गंभीर रूप से पीड़ित बताये जा रहे हैं कल कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक एक सौ तैंतीस नये मामले पटना जिले में मिले हैं भागलपुर में पचहत्तर नवादा में उनहत्तर और मुजफ्फरपुर में अड़तीस मरीज मिले हैं जदयू विधान पार्षद दिनेश सिंह भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं मध्बनी के जेल अधीक्षक सहित चौदह जेल कर्मी भी कोरोना संक्रमित मिले हैं महामारी से राज्य में अब तक एक सौ उन्नीस लोगों की मृत्यु हुयी है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि कोविड उन्नीस मरीजों के उपचार के लिए सभी थेरैपी का उपयोग केवल उन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों में करायें जहां रोगियों पर निगरानी रखी जा सके मंत्रालय ने मामूली संक्रमण में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उपयोग की सिफारिश करते हुये कहा है कि कोरोना संक्रमित अस्सी प्रतिशत रोगियों में मामूली संक्रमण होता है भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड उन्नीस के सामान्य से गंभीर लक्षणों वाले रोगियों के मामले में आइटोलिजुमैब दवा के सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है क्लीनिकल जांच में संतोषजनक नतीजे प्राप्त होने के बाद इस औषधि के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये राजधानी पटना के एम्स में कल से कोरोना की दवा का परीक्षण शुरू होगा एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि दवा का परीक्षण अठारह से पचपन साल के बीच स्वस्थ महिला और प्रूषों पर किया जायेगा इसके लिये एक पांच सदस्यीय विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम का गठन किया गया है उन्होंने कहा कि जो लोग स्वेच्छा से परीक्षण के लिये आना चाहते हैं वे मोबाईल नम्बर नौ चार सात एक चार शून्य आठ आठ तीन दो पर संपर्क कर सकते हैं अधीक्षक ने बताया कि दवा का मानव परीक्षण तीन चरणों में किया जायेगा वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जिलों में बीमारी की जांच के लिये तैंतीस हजार रैपिड एंटीजन किट भेजा है जिससे अब तीस मिनट के अंदर ही जांच का परिणाम आ जायेगा गृह मंत्रालय ने मीडिया में प्रचारित ऐसी खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि कोविड उन्नीस निगरानी समिति का गठन किया गया है गृह मंत्रालय ने बताया है कि इस प्रकार की कोई समिति नहीं बनी है और लोगों को इस प्रकार की गलत खबरों और अफवाहों से सतर्क रहना चाहिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत लॉकडाउन के तीन सप्ताह के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पच्चीस कार्यक्रमों के तहत पांच करोड़ अंठानवे लाख कार्य दिवस के लिए रोजगार सृजित किया गया सीताराम भरतिया आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमरचंद बजाज ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में साफ सफाई रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है साउंड बाईट जब तक हमारे पास उनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन ऐज ए मेडिसीन के रूप में न निकले तब तक हमें जो प्रीकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं जहां जरूरत न हो उस समय घर से बिल्कुल बाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना और जब कि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड उन्नीस संक्रमण के बहुत ही कम मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है

दस पंद्रह परसेंट में उनको अस्पताल जाकर कुछ दवाई दी जाती है और वो सेट्ल हो जाते हैं पांच परसेंट या उससे कम वाले हैं जिनको की दाखिल होना पड़ता है कोरोना महामारी के कारण राज्य ने सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चों को मध्याहन भोजन के बदले तीन माह का अनाज देने का निर्णय लिया है मध्याहन भोजन योजना के निदेशक कुमार रामानूज ने बताया कि सभी जिलों को खाद्यान्न का आवंटन कर दिया गया है निदेशक ने कहा कि सभी जिलों में बीस जुलाई तक वितरण का काम शुरू कर दिया जायेगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण देश में विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है यह प्रक्रिया गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है कोविड उन्नीस वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सुरक्षा निष्पक्षता और समान अवसर के मानदंड शामिल किए गए हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये परीक्षाएं आनलाइन ऑफलाइन या मिश्रित पद्वति से आयोजित की जाएंगी उन्होंने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी अंतिम वर्ष की इन परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएगा तो उसे बाद में एक अवसर और दिया जाएगा नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत देशभर में स्कूली बच्चों के लिए ए टी एल एप विकास मॉडल लांच किया है यह एप एक निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम है इसके माध्यम से युवा विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल एप बना सकते हैं और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र के साथ साथ उत्तर बिहार में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सुपौल और शिवहर के निचले इलाकों में पानी फैल गया है कई नदियां खतरे के लाल निशान को पार गयी हैं बागमती कमला बलान और कोसी के साथ साथ अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण स्थानीय प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है तटबंधों को बचाने के लिये जल संसाधन विभाग की टीम लगातार काम कर रही है मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के एक दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है जबकि बेनीबाद बकुची औराई मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी बह रहा है कटरा प्रखंड की चौदह पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क ट्रट गया है वहीं आथर में बना पीपा पुल पानी में बह जाने से यातायात की गंभीर समस्या खड़ी हो गयी है शिवहर जिले में बागमती नदी खतरे के निशान से लगभग एक मीटर ऊपर बह रही है अभियंताओं का दल स्रक्षा तटबंध में कटाव को देखते हये उसे बांस और प्लास्टिक से बचाने का प्रयास कर रहे हैं वहीं वाल्मीकिनगर बराज से पानी छोड़े जाने के कारण गोपालगंज जिले के बैंकुठपुर और सदर प्रखंड के बारह गांव में पानी प्रवेश कर गया है जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है सीतामढ़ी जिले के बेलसंड और सोनबरसा के कई गांव में भी बाढ़ का पानी फैल गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़ के दौरान नुकसान कम करने लिए कुछ उपायों की सलाह दी है आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में एन डी एम ए के सदस्य कमल किशोर ने बाढ़ से पहले सतर्कता उपायों के विषय में जानकारी दी

रेडियो टीवी समाचार पत्रों में जो ताजा जानकारी दी जा रही है वार्निंग दी जा रही है उस पर हमेशा अपना ध्यान रखें अपना मोबाइल फोन चार्ज रखें जहां तक हो सके एसएमएस का प्रयोग करें ताकि उसकी बैट्री ज्यादा से ज्यादा समय तक चले अपने पालतू जानवरों को बांध कर न रखें और एक अमरजेंसी किट तैयार करके रखें अपने घर के लिए जिसमें प्राथमिक उपचार की चीजें हों डायरिया की दवा हो जो महत्वपूर्ण कागज है आपके पास एक वाटर प्रुफ थैले में डाल कर संभाल कर रखें मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने के कारण राज्य के उत्तरी भाग में भारी बारिश हो रही है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले अड़तालीस घंटें तक बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है विभाग ने कई स्थानों पर वज्रपात की आशंका जतायी है विशेष रूप से सुपौल पूर्वी और पश्चिमी चंपारण मधुबनी सीतामढ़ी समेत नेपाल के तराई वाले जिलों के लोगों को वज्रपात से सावधान रहने की सलाह दी गयी है मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज दिन में एक दो बार हल्की बारिश हो सकती है दरभंगा जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह से ही रूक रूककर बारिश हो रही है केंद्र सरकार ने भागलपुर में विक्रमशिला पुल के समानांतर बनाये जाने वाले पुल को मंजूरी दे दी है चार लेन के इस पुल के निर्माण पर लगभग ग्यारह सौ सोलह करोड़ रूपये खर्च होंगे

यह पुल राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या एक सौ इकतीस बी के नाम से जाना और पहचाना जायेगा सारण नालंदा पश्चिम चंपारण रोहतास और जमुई जिले में पिछले चौबीस घंटे के दौरान अलग अलग घटनाओं में ग्यारह लोगों की मौत हो गयी मृतकों में सारण के तीन और नालंदा पश्चिम चंपारण रोहतास तथा जमुई जिले के दो दो लोग शामिल हैं पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो अपराधियों को हैंडग्रेनेड और हथियार के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस ने इनके पास से दो देशी कहा पांच कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की है सारण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र में विषाक्त भोजन करने से एक ही परिवार के पांच लोग बीमार हो गये जिन्हें छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस को जांच के दौरान जानकारी मिली कि बने हुये दाल में छिपकली गिरी हुयी थी प्रदेश के गोपालगंज कैमूर लखीसराय जमूई और दरभंगा जिले में पुलिस ने पिछले चौबीस घंटे के दौरान भारी मात्रा में शराब के साथ नौ लोगों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है सहकारिता विभाग सोलह तक सील अखबार ने अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने को भी बड़ी खबर बनाया है दैनिक जागरण की बड़ी खबर है बैंकॉक तक की विकास की संपत्ति पर ईडी की नजर दैनिक भास्कर लिखता है भीड़ वाले इनडोर स्पेस में भी मास्क पहनें हमेशा दुकान दफ्तर के खिड़की दरवाजे खोलकर बैठें प्रभात खबर ने पेंशन योजना से मजदूरों को जोड़ा जायेगा गांव में जायेंगे अधिकारी को बड़ी खबर बनाया है आज अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना महामारी पर दिये बयान पर लिखा है सामाजिक अनुशासन के पालन की आवश्यकता

अब तक दस हजार एक सौ इक्यानवे लोग ठीक होकर घर लौटे

सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर और सुपौल के निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी